केन्द्र सरकार ने लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में किये गये बदलाव को वापस लिया ब्याज दर मार्च दो हजार इक्कीस के अनुसार यथावत रहेंगी जारी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे कल से यातायात के लिए खोला गया यात्रा समय कम होकर पैंतालीस मिनट होगा प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में कोरोना के दो हजार छः सौ नये मामले आये कोरोना सक्रिय रोगियों की संख्या हुई ग्यारह हजार नौ सौ अट्ठारह कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रदेश में पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों का टीकाकरण कल से शुरू हो गया है इस श्रेणी में टीका लगवाने के पात्र लोगों में एक जनवरी उन्नीस सौ सतहत्तर से पहले पैदा हुए व्यक्ति शामिल हैं टीकाकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए गंभीर बीमारी की शर्त को हटा दिया गया है पैंतालीस साल या उससे अधिक उम्र के सभी लोग टीकाकरण के लिए को विन पोर्टल के जरिए ऑनसाइट पंजीकरण करा सकते हैं इसके अलावा टीकाकरण केन्द्रों पर भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है यदि किसी ने को विन के जरिए टीकाकरण के लिए ऑनलाइन बुकिंग की है तो इसे किसी भी निजी या सार्वजनिक अस्पताल में अलग से बुकिंग कराने की जरूरत नहीं है

टीकाकरण केंद्रों में टीका लेने के लिए लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है टीकाकरण के लिये प्रदेश में पांच हजार से अधिक केन्द्र बनाये गये हैं लखनऊ में मुख्य सचिव राजेन्द्र तिवारी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहित कई प्रतिष्ठित लोगों ने कल टीकाकरण कराया स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक कुल छियालीस लाख पचहत्तर हजार से अधिक लोग टीके की पहली खुराक ले चुके हैं वहीं ग्यारह लाख से अधिक लोगों ने कोविड टीके की दोनों खुराक ले ली है जिन स्वास्थ्य कर्मियों और अग्निम पंक्ति वर्कस ने अमी टीके की दूसरी खुराक नहीं ली है वे तत्काल संबंधित केन्द्र पर पहुंच कर दूसरी खुराक ले सकते हैं समी मेडिकल कॉलेज जिला चिकित्सालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सोमवार से शनिवार कोविड का टीकाकरण किया जा रहा है कोविड टीकाकरण के लिये को विन पोर्टल पर जाकर ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते है जो लोग ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाये है ये स्वयं अपना आधार कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र लेकर टीकाकरण केन्द्रों पर पहुंच कर पंजीकरण के बाद टीका लगवा सकते हैं अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि को वैक्सीन और कोविड शील्ड दो तरह की वैक्सीन का उपयोग किया जा रहा है दोनों ही वैक्सीन प्रभावशाली और सुरक्षित है पहले कोविड शील्ड की दूसरी खुराक चार सप्ताह बाद लगाई जा रही थी लेकिन अब कोविड शील्ड को चार से आठ सप्ताह के बीच लगवाया जा सकता है देश में कोविड टीकाकरणके विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केन्द्र ने सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के कोविड टीकाकरण केंदों को इस महीने सप्ताह के सभी दिन खुला रखनेका फैसला किया है केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखकर उनसे कहा है कि ये इन केंद्रों को पूरे महीने सप्ताह के सातों दिन खुला रखें ये केंद्र राजपत्रित अवकाश पर भी खुले रहेंगे राज्यों और केंद्रशासितप्रदेशों के साथ पिस्तृत बातचीत के बाद यह कदम उठाया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग टीकाकरण की सुविधा लाभ उठा सकें देश में टीकाकरण के कार्य की नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा की जा रही है और स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसमें सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं केन्द्र सरकार ने लघ् बचत योजनाओं की ब्याज दरों में किए गए बदलाव को वापस ले लिया है वित्तमंत्री ने कहा है कि लघ् बचत योजनाओं पर ब्याज दर मार्च दो हजार इक्कीस के अनुसार यथावत जारी रहेंगी

दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे कल से यातायात के लिए खोल दिया गया है इसके खोले जाने से दिल्ली और मेरठ के बीच आने जाने में लगने वाला समय ढाई घंटे से घटकर पैंतालीस मिनट रह गया है एक ट्वीट संदेश में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एक्सप्रेस वे का कार्य पूरा करके सरकार ने दिल्ली और मेरठ के बीच सफर के समय को कम करने का अपना वादा पूरा कर दिया है छियान्नबे किलोमीटर लंबे और चौदह लेन वाले दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे से दोनों शहरों के बीच सफर का समय सिर्फ पैंतालीस मिनट रह गया है इससे दिल्ली से मुजफ्फरगनर सहारनपुर हरिद्वार और देहरादून के सफर का समय भी कम हुआ है एक्सप्रेस वे के निर्माण पर आठ हजार करोड़ रुपये लागत आई है और इससे यातायात में भीड़माड़ और प्रदूषण की समस्या के समाधान में भी मदद मिलेगी प्रदेश में कल से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद कार्य शुरू हो गया है इसके लिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में गेहूं खरीद की समी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाये कि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिये अधिक समय का इंतजार न करना पड़े

गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य एक हजार नौ सौ पचहत्तर रूपये प्रति कुन्तल रखा गया है गेहूँ बेचने के लिये पंजीकृत किसानों को ऑन लाइन टोकन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना के दो हजार छः सौ नये मामले सामने आये इस समय राज्य में कोरोना के ग्यारह हजार नौ सौ अट्ठारह सक्रिय मामले हैं अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि गत बुधवार को एक लाख चौशीस हजार एक सौ पैंतीस नमूनों की जांच की गई जबकि अब तक तीन करोड़ उन्चास लाख बाईस हजार से अधिक नमूनों की जांच की गई है

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज इसकी घोषणा की

इस बार चयन करने के लिए पांच जूरी मेंबर थे आसा भॉसले मोहन लाल विस्वनजीत चौटर्जी संकर महादेवन और सुभाष घई ये पांच जूरी की बैठक हुई और बैठक में उन्होंने सर्व सम्माति से अपने महानायक रजनीकांत को दादा साहब फ़ाल्के अवार्ड देने की सिफ़ारीश की है और उसको हमने स्वीकारा है रजनीकांत को यह पुरस्कार अगले महीने की तीन तारीख को दिया जाएगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फिल्म अभिनेता रजनीकांत को बधाई दी है प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि रजनीकांत ऐसे अभिनेता हैं जिनकी लोकप्रियता दर्शकों की कई पीढियों में बनी हुई है

कार्मिक मंत्रालय ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि केन्द्र सरकार के कार्यालयों के अलावा देश भर के सभी औद्योगिक संस्थानों में भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा

इस मौके पर गिरिजाघरो में विशेष प्रार्थना सभाओं के आयोजन किए जा रहे हैं इसी दिन प्रमु ईसा मसीह को सलीव पर लटका दिया गया था इस बीच विभिन्न गिरिजाघरो में कल गुड थ्रसडे पर विशेष प्रार्थना सभाओं के आयोजन किए गये